मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैंबिनेट की बैठक में आज जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई उनमें सबसे महत्वपूर्ण रक्षा गलियारे के लिये जमीनों की खरीद शुरू करने का फैसला है सरकार ने रक्षा गलियारे के लिये पांच हजार एक सौ पच्चीस हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर ली है जिसकी खरीद का काम इस माह शुरू कर दिया जायेगा और अगले दो महीने के भीतर रक्षा उत्पाद के लिये उद्योग स्थापित करने वाली कम्पनियों को खरीद मूल्य पर यह जमीन दे दी जायेगी इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस कर्मियों के वर्दी भत्ते को बढ़ाये जाने को भी मंजूरी दी गई सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि तृतीय श्रेणी पुलिस कर्मियों का वर्दी भत्ता बाईस सौ पचास से बढ़ाकर तीन हजार रूपये कर दिया गया है प्रदेश सरकार प्राथमिक स्कूलों में किशोर युवतियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये अब उन्हें ताजा पका हुआ भोजन भी मुहैया करायेगी हाल में हुए एक सर्वेक्षण में सरकार ने पाया कि प्रदेश में दस से चौदह आयु वर्ग की लगभग पांच लाख किशोर युवतियां स्कूल नहीं जाती है इन्हें सशक्त करने और स्कूलों से जोड़ने के लिये विभिन्न पौष्टिक पदार्थ खाने में दिये जाने की योजना को मंजूरी दी गई है इसमें काला चना और घी भी शामिल है इसके साथ ही जेवर में अतंराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिये पन्द्रह सौ करोड़ रूपये की राशि दिये जाने को भी कैंबिनेट ने मंजूरी दे दी है इसके अलावा सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों की ग्रेडिंग करने का भी फैसला लिया है वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापार बाधाएं कम करने की जरूरत है

उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था में डब्ल्यू सी ओ की भूमिका की सराहना की उन्होंने सीमाएं खोलने की वकालत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सीमाओं के पार व्यापार करना आज की अर्थव्यवस्था की अनिवार्यता है

आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है उन्नीस सौ बानवे में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर हर वर्ष यह दिवस मनाने की घोषणा की थी इसका उद्देश्य दिव्यांगों के हितों की रक्षा करना और समाज में हर वर्ग के दिव्यांगों की बेहतरी के लिए जागरूकता पैदा करना है इस वर्ष का विषय है दिव्यांगों को सशक्त बनाने सहित उन्हें बराबरी का हक दिलाना इस अवसर पर लखनऊ में आज राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया जिसमें राज्यपाल श्री राम नाईक ने पात्र दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरित किये समारोह को सम्बोधित करते हुये उन्होंने कहा कि दिव्यांग जनों में सामान्य मनुष्य से भी आगे जाने की क्षमता होती है उनकी क्षमताओं को देखते हुये उचित मार्ग दर्शन और प्रोत्साहन की आवश्यकता है राज्यपाल ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार दिव्यांग जनों के प्रति संवेदनशील है और उनके कल्याण के लिये सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं

श्री नायडू ने राष्ट्रपति और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में डॉक्टर प्रसाद के योगदान का स्मरण किया श्री मोदी ने कहा कि राजेन्द्र बाबू की प्रतिमा उच्च विचार और आदर्शों से देश का हर व्यक्ति प्रेरणा लेता रहेगा सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्दन राठौड़ ने कहा कि डॉक्टर प्रसाद ने देश के खूशहाल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जयंती के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर भी विविध आयोजन किये गये और डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुये श्रद्वांजलि दी गयी